राजधानी पटना की पुलिस लाईन में हुए उपद्रव के बाद पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न जिलों में एक ही जगह तैनात चार हजार नौ सौ इकतालीस सिपाहियों का तबादला कर दिया है एडीजी मुख्यालय संजीव कुमार सिंघल ने तबादले का आदेश जारी कर दिया है तबादला आदेश में विभिन्न जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों से लेकर रेल पुलिस एटीएस विशेष शाखा और अन्य यूनिट में पदस्थापित सिपाहियों और चालक सिपाहियों के नाम शामिल हैं प्रलिस मुख्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि स्थानांतरित पुलिसकर्मियों को दिसम्बर माह का वेतन पुराने जिले से नहीं मिलेगा

उन्होंने पटना में कहा कि वर्ष दो हजार सोलह के नवम्बर के पूर्व बिहार झारखंड में करीब ग्यारह लाख आयकरदाता थे जिनकी संख्या बढ़कर अब चौबीस लाख पहुंच गयी है इसमें बिहार के तेरह लाख और झारखंड में दस लाख से अधिक आयकरदाता शामिल हैं श्री घूमरिया ने कहा कि केन्द्र सरकार के आयकर घोषणा स्कीम नोटबंदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बेनामी संपत्ति कानून दिवालिया एक्ट और जीएसटी के कारण आयकरदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी को भी दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि व्यक्ति का जिस राज्य में जन्म हुआ है सिर्फ वहीं आरक्षण मिलेगा पीठ ने कहा कि विवाह और जाति प्रमाण पत्र के बाद भी दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर निवासी और आर्म्स एक्ट में फरार पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के विरूद्ध इश्तेहार क़र्की का आदेश हासिल करने के लिए आई ओ सह थानाध्यक्ष रणजीत रजक ने एसीजेएम कोर्ट में आवेदन दिया है श्री रजक ने बताया कि पिछले आदेश के आलोक में कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है केन्द्र सरकार ने भवनों के निर्माण आदि में पर्यावरण संबंधी नियम लागू कराने की सभी शक्तियां अब स्थानीय निकायों को दे दी हैं इनके अनुसार भवनों सहित निर्माण के सभी कार्यों और बीस हजार से पचास हजार वर्ग मीटर की क्षेत्र विकास परियोजनाओं में पर्यावरण शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी अब स्थानीय निकायों की होगी केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि पर्यावरण के अंतर्गत प्राकृतिक जल निकासी जल संरक्षण वर्षा जल संग्रहण जल स्रोतों के पुनर्जीवन अपशिष्ट प्रबंधन ग्रीन कवर और मिट्टी की ऊपरी सतह के संरक्षण जैसे मामलों को रखा गया है केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिमाह पन्द्रह हजार रुपये से अधिक आय अर्जित करने वाली महिलाओं को छब्बीस सप्ताह के मातृत्व अवकाश में सात सप्ताह के वेतन की राशि सरकार नियोक्ताओं को देगी केन्द्र सरकार ने यह फैसला इन शिकायतों के मद्देनजर लिया है कि कई कंपनियां मातृत्व अवकाश बारह सप्ताह से बढ़ाकर छब्बीस सप्ताह किए जाने के बाद गर्भवती महिलाओं को नौकरी देने से कतराने लगी हैं और कुछ ने तो उन्हें नौकरी से निकाल भी दिया है महिला और बाल विकास सचिव राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि नियोक्ताओं को इस वेतन के लिए दी जाने वाली धनराशि श्रम कल्याण उपकर निधि में जमा राशि में से दी जायेगी गौरतलब है कि पिछले वर्ष सरकार ने मातृत्व अवकाश की अवधि बारह सप्ताह से बढ़ाकर छब्बीस सप्ताह कर दी थी केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि केन्द्र सरकार जल्दी ही उद्योगों के लिए सोने के आभूषणों और गिन्नी पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनायेगी श्री पासवान ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि देश में सोने के आभूषणों पर हालमार्किंग का काम शुरू किया गया है लेकिन सरकार इसे उद्योगों के लिए सोने के आभूषणों पर अनिवार्य बनाना चाहती है श्री पासवान ने कहा कि सरकार नियम कानून बनाती हैं लेकिन उसे लागू करने का काम भारतीय मानक ब्यूरो जैसी संस्थान करती हैं उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के दौरान पुराने मानक ब्यूरो कानूनो में बदलाव के लिए अनेक निर्णय किये गये हैं ताकि उसे अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरुप बनाया जा सके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ईको टूरिज्म की शुरूआत अठारह नवंबर से होगी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद बताया कि पर्यटकों को वाल्मीकि विहार होटल सहित बैम्बू हट ईको हट ट्री हट टेन्ट हाउस एवं डॉरमेट्री के माध्यम से एक साथ अस्सी लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी उन्होंने कहा कि इनके किराये में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दो तिहाई कमी की गई है उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्यटक कमरों और वाहनों की ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे उन्होंने बताया कि पर्यटकों को घूमने के लिए टोकन शुल्क पर आधुनिक साइकिल भी उपलब्ध करायी जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले साल तक पूरे प्रदेश में कृषि फीडर के माध्यम से कृषि कार्यों के लिए बिजली आपूर्ति की जायेगी पूसा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कृषि रोड मैप में कृषि कार्यों के अलावा पशुपालन मत्स्यपालन सिंचाई संसाधन बिजली की उपलब्धता भी शामिल है उन्होंने कहा कि युवा वैज्ञानिकों को कृषि कार्यों में शोध के लिए आगे आना चाहिए पटना जिले के बेऊर थाना क्षेत्र के महावीर कॉलोनी मोड़ के पास एक बैंक के एटीएम काटकर अपराधियों ने चौतीस लाख रूपये लूट लिये प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने बताया कि एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में दो अपराधियों की तस्वीर कैद हुई है बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा दो हजार बीस के लिए पंजीयन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है इस बार नौंवी कक्षा में ही छात्र छात्राओं का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराया जायेगा रजिस्ट्रेशन का काम जिला शिक्षा उप कार्यालय के माध्यम से कराया जायेगा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया छह दिसम्बर तक चलेगी आज के सभी समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बिहार यात्रा से जुड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है पूसा और पटना में आयोजित दोनों कार्यक्रम को अखबारों ने तरजीह दी है हिन्दुस्तान ने शीर्षक लगाया है तकनीकी शिक्षा में बेटियों की संख्या बढ़े दैनिक भास्कर का शीर्षक है तकनीकी और वैज्ञानिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी इनका परफॉर्मेंस प्रभावी हिन्दुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को भी तरजीह दी है जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा है कि दूसरे राज्य में आरक्षण नहीं मांग सकते दैनिक भास्कर ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है तीन महीने से फरार चल रही पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को जदयू ने किया निलंबित दैनिक जागरण ने केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली के उस बयान को प्रमुखता दी है जिसमें उन्होंने कहा कि विकास के अनुमान से निर्यात तक सब मजबूत प्रभात खबर ने मोतिहारी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति से जुड़ी खबर का शीर्षक बनाया है डिग्री विवाद के बाद कुलपति पद से मुक्त अखबार ने फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है